देश में कोरोना वायरस के पहले मरीज की केरल में पुष्टि हुई

मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगले चौबीस घंटों के दौरान घना कोहरा रहेगा और आज वसंत पंचमी है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार बजट सत्र के दौरान सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सहमत है वे आज नई दिल्ली में बजट सत्र से पूर्व आयोजित सर्वदलीय बैठक को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने अधिकांश सदस्यों के विचारों से सहमति जताई कि सत्र के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है सत्र के पहले दिन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करेंगे इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जायेगा वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का बजट शनिवार को प्रस्तुत किया जायेगा इधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है बैठक के दौरान श्री बिरला लोकसभा के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील करेंगे बजट सत्र का पहला चरण ग्यारह फरवरी तक चलेगा एक महीने के अंतराल के बाद इसका अगला चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि विधानमंडल में वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का बजट पेश करने से पहले विभिन्न वर्ग समूहों से उनकी अपेक्षाएं और सुझाव जाने जायेंगे श्री मोदी ने कहा कि इकतीस जनवरी से पंद्रह फरवरी के बीच बजट पूर्व परिचर्चा में वे विभिन्न व्यवसायिक समूहों औद्योगिक प्रतिनिधियों अर्थव्यवस्था के जानकारों और आम लोगों से बजट को लेकर चर्चा करेंगे पच्चीस फरवरी को राज्य का बजट प्रस्तुत किया जायेगा देश में नोवेल कोरोना वायरस के पहले मरीज की केरल में पुष्टि हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि चीन के वुहान विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले एक छात्र को इस बीमारी से संक्रमित पाया गया है इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर हवाई अड्डों समेत विभिन्न जिलों में सतर्कता बरती जा रही है गया में बौद्ध महोत्सव में शामिल हो रहे विदेश से आये श्रद्वालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है इसके अलावा विभिन्न जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं आकाशवाणी से बातचीत करते हुए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर एके वार्षेण्य ने बीमारी के लक्षण बताये

माक्स लगाने के बाद होम आईसुलीट करें अगर मास्क नहीं भी है तो घर के किसी भी कमरे में अपने आप को आइसोलेट कर लें और हमारे कॉटेक्ट को नियंत्रित रखे सिर्फ जरूरी लोगों से ही संपर्क करें साथ ही एक हेल्पलाइन नम्बर जो मिनिस्टरी ने हर जगह दिया हुआ है चाहे आप किसी भी सुदूर गांव में हों आप हेल्पलाइन से कांटेक्ट करेंगे तो हेल्पलाइन आपको बता देगी कि आपको इस बारे में आगे के क्या काम करना चाहिए आपके पास तुरंत स्वास्थ्य कर्मचारी आएगा और वह आपको एक डजिसनेटेड आईसुलेसन फैसलिटी में सिफ्ट करने के लिए अपने साधन उपलब्ध कराएगा इधर चीन से लौटी छपरा की एक यूवती का कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव पाया गया है पुणे से प्राप्त जांच रिपोर्ट में कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में अभी तक वायरस से संबंधित किसी भी तरह की पॉजीटिव रिपोर्ट नहीं मिली है उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक द्रष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाये चार दोषियों में से एक और दोषी की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है दोषी अक्षय कुमार सिंह ने इस याचिका में अपनी फांसी पर रोक लगाने की मांग की थी ऑल इंडिया मुस्लिम पसर्नल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मस्जिद के अंदर महिलाओं के नमाज अदा करने पर कोई रोक नहीं है बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे में स्पष्ट किया है कि महिलाएं मस्जिद में प्रवेश के लिये स्वतंत्र हैं बोर्ड ने यह भी कहा है कि महिलाएं जमात के साथ यानी समूह में नमाज अदा करें यह अनिवार्य नहीं है गौरतलब है कि दो मुस्लिम महिलाओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मस्जिद में प्रवेश कर सबके साथ नमाज अदा करने की इच्छा जतायी थी आज वसंत पंचमी है इस अवसर पर ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ प्रजा अर्चना की जा रही है राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई जगहों पर पंडालों में माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गयी है विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कॉलेजों स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सरस्वती प्रजा की विशेष रौनक दिख रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और प्रदेश के ऊपर चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बनने से हो रही बारिश के कारण राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में ठंड एक बार फिर बढ़ गयी है प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गयी है रोहतास के डिहरी में एक मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गयी इधर पटना समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सुबह से ही कोहरा छाये रहने के कारण सड़क रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है आज नौ दशमलव दो डिग्री सेल्सियस के साथ पूर्णिया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले चौबीस घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में आकाश में हल्के बादल छाये रहेंगे कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है वहीं सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा महात्मा गांधी की बहत्तरवीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की वर्ष उन्नीस सौ अड़तालीस में आज ही के दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी यह दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया

इधर प्रदेश में मुख्य कार्यक्रम पटना के गांधी घाट पर आयोजित किया गया राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता की समाधि पर प्रष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदानों को स्मरण किया जानी मानी समाजसेवी और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा की मां उर्मिला देवी का देर रात पटना में निधन हो गया उनके निधन पर समाज के गणमान्य लोगों ने गहरी सम्वेदना जतायी है उनका अंतिम संस्कार आज मधुबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड स्थित पीएचईडी मंत्री श्री झा के पैतृक गांव घोंघौर में किया गया पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र अंतर्गत रामकृष्ण नगर इलाके में उच्च पथ पर सड़क हादसे में युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया इस दौरान जाम हटाने पहुंची पुलिस के साथ विवाद के बाद भीड़ उपद्रव करने लगी भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और अनेक गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिये बेकाबू भीड़ पर काबू के लिये पुलिस ने लाठीचार्ज किया पुलिस ने मुंगेर और जमालपुर शहरों में जमीन कब्जा करने वाले गिरोह के एक प्रमुख सदस्य और प्रोपर्टी डीलर को कासिम बाजार थाना क्षेत्र के नवटोलिया मोहल्ला स्थित घर से हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया कटिहार जिले के मुफस्सिल तथा रौतारा थाना क्षेत्र में अपर पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला के नेतृत्व में सघन अभियान चलाकर बालू से लदे पच्चीस ओवर लोडेड ट्रक को जब्त किया गया है

देश में कोरोना वायरस के पहले मरीज की केरल में पुष्टि हुई

मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगले चौबीस घंटों के दौरान घना कोहरा रहेगा और आज वसंत पंचमी है